आनन्दीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया

वे श्रीमती आनंदीबेन पटेल का स्थान लेंगे आनंदीबेन पटेल को अब उत्तरप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है वहीं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश बैस को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक जगदीप धनकड़ को पश्चिम बंगाल का फाग् चौहान को बिहार का और आर एन रवि को नागालैण्ड का राज्यपाल निय्क्त किया गया है

इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को किसानों के उत्थान के लिए प्राथमिकता से कार्य करने को कहा है साथ ही उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से कहा है कि किसानों को कम पानी में उन्नत फसलों की पैदावार करने की वैज्ञानिक सलाह दें और उन्हे आत्मनिर्भर बनायें प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास योजना की समीक्षा करते हुए पूरे कार्य को समयसीमा के अंदर करें वहीं उन्होंने स्वच्छता अभियान के तहत अंबाह और झुण्डपुरा को खुले में शौचमुक्त क्षेत्र घोषित करने के लिए तेज गति से काम करने के निर्देश दिये इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे

प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के डाक्टर नरोत्तम मिश्रा की अनुपस्थिति में विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने यह मामला उठाया उन्होंने कहा कि किसानों को बैंक से नोटिस मिल रहे हैं अधिकारी किसानों की कुर्की का प्रयास कर रहे हैं उन्होंने दावा किया कि सतना दतिया और सागर जिले के कई किसानों को मिले नोटिस की प्रतियां उनके पास हैं सहकारिता मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि अगर ये नोटिस सहकारी बैंकों के हैं तो वे सदन में इस बात की घोषणा करते हैं कि ऐसे अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच करायी जाएगी श्री भार्गव ने कहा कि मूल सवाल कृषि विभाग का है जिलों में किसानों को नोटिस मिल रहे हैं वहीं सवाल के लिखित जवाब में कहा गया है कि ऐसी कोई सूचना विभाग को नहीं है कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि जबसे राज्य में कर्जमाफी की घोषणा हुयी है तब से विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है मंत्री की इस बात पर सदन में भाजपा के अनेक सदस्यों ने एकसाथ बोलना शुरू कर दिया इस बीच श्री भार्गव ने यह भी कहा कि कितने किसानों ने राज्य में आत्महत्या की है यह कृषि मंत्री नहीं बता रहे हैं

उन्होंने कर्जमाफी के मुर्दे पर सरकार पर आरोप लगाए और उनकी घोषणा पर भाजपा सदस्यों ने बहिगर्मन कर दिया

हिंसा के शिकार लोगों के परिजन श्रीमती प्रियंका गांधी से मिलने के लिए चुनार अतिथि गृह पहुंचे जब उन्हें मालूम हुआ कि श्रीमती गांधी उनसे मिलना चाहती है और उन्हें प्रभावित गांव जाने की अनुमति नहीं है सोनभद्र जिले में पिछले बुधवार को भूमि विवाद में आपसी संघर्ष में दस लोग मारे गए थे

अब ये बैठक सोमवार को सुबह ग्यारह बजे शुरू होगी और मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी द्वारा प्रस्तुत विश्वास मत प्रस्ताव पर आगे चर्चा की जाएगी

कार्यक्रम दिन के ग्यारह बजे प्रसारित होगा प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में यह कार्यक्रम की दूसरी कड़ी होगी

अकादमी के निदेशक एस ्एस चाहर ने कहा कि देश सेवा के लिये समर्पित अधिकारी देश के लिए बेहतरीन कार्य करते हुए हमेशा देशवासियों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे बीएसएफ विश्व का सबसे बडा अर्ध सैनिक बल है और यह अकादमी देश की एक प्रमुख अकादमी के रूप में ख्याति रखती है यहां से हजारों होनहार युवा अधिकारियों ने प्रशिक्षण पहरी पर प्रदर्श पाकर बहादुरी और मानवता की मिसाल कायम करते हुए बल का नाम रोशन किया है उन्होंने कहा कि आज विश्व आतंकवाद से जूझ रहा है आतंकवाद और नक्सलवाद का बदलता चेहरा भी देश की सुरक्षा में घातक है ऐसे में यह अधिकारी अपनी सुझ बूझ से यहां से जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है उस पर खरे उतर कर सभी गतिविधियों का सामना करेंगे

श्रीमती दीक्षित पिछले कुछ दिनों से बीमार थीं

श्रीमती दीक्षित केन्द्र सरकार में मंत्री और केरल की राज्यपाल भी रही थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है श्री कोविंद ने अपने शोक संदेश में कहा कि शीला दीक्षित राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर विकास कार्य करने के लिए याद की जाएंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि शीला दीक्षित ने दिल्ली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि शीला दीक्षित का निधन एक अपूर्णनीय क्षति है वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी श्रीमती दीक्षित के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है

हमारे नीमच संवाददाता ने बताया है कि यहां तेज बारिश होने से लोगों राहत मिली है